मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत शांति को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है लेकिन अपनी संप्रभूता और सम्मान से समझौते की कीमत पर ऐसा हर्गिज नहीं किया जाएगा आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सफलता की कहानी बन चुका है श्री मोदी ने कहा कि इस बार विश्व के सबसे बडे महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता पैदा की है और इसके दुरूपयोग रोकने में सराहनीय भूमिका निभायी है

प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से मन की बात पर एक परिचर्चा का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर किया जायेगा रोजगार मेला भारत सरकार के स्किल इंडिया कार्यकम के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये आज ग्वालियर में केन्द्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया नेशनल स्किल डेव्ल्पमेन्ट कारपोरेशन द्वारा आयोजित इस मेले में निजी क्षेत्र की लगभग पचास कंपनियों और सरकारी संस्थाएं ने अपने स्टाल लगाये है

गौ मंत्रालय प्रदेश में गौ मंत्रालय की स्थापना की जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रालय बनने से गौसेवा और संवर्धन के लिए तेजी और बेहतर तरीके से कार्य हो सकेगा

श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं से उनकी जिदंगी में बदलाव आया है श्री चौहान ने कहा है कि महिला स्वसहायता समूह को स्कूल ड्रेस बनाने का काम भी दिया जा रहा है कार्यकम में कड़ान सतगढ़ सिचाई परियोजना मुख्यमंत्री सरोवर योजना गड़रिया ढोंगा और शासकीय औद्योगिक संस्थान का भूमि पूजन किया गया मताधिकार जागरूकता शिवपुरी जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक किये जाने के लिये विभिन्न स्तरों पर कई कार्यकम आयोजित किये जा रहे है

उन्होंने कहा कि अपनी नैतिक जवाबदारी समझते हुए किसी प्रलोभन लालच और दबाब में आये बिना निर्भीक और स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए वहीं नरसिंहपुर जिले में भी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है मतदाताओं को मतदान में हिस्सा लेने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से आज जिला मुख्यालय पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया शाजापुर जिले में भी मतदाता जागरूकता कार्यकम के तहत कल साईकल रैली निकाली गयी रक्तदान शिविर राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा एक अक्टूबर को भोपाल में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जायेगा कल से एक महीने के लिये रक्तदान अभियान भी शुरू किया जायेगा

लोगों को एचआईव्ही एड्स और रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिये समिति द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भी कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग और एनएसएस के माध्यम से महाविद्यालयों में संचालित रेड रिबन क्लबों में भी रक्तदान शिविर होंगे

श्री शुक्ला ने कहा कि आज तक किसी अफीम नीति में एक साथ इतनी अधिक रियायतें किसानों को नहीं मिली है जितनी इस बार दी गयी है प्रत्येक पात्र किसान को दस आरी क्षेत्र में अफीम काश्त करने का लायसेन्स दिया जाएगा

नई नीति में घटिया श्रेणी के कारण और कम औसत उत्पादन के कारण काटे गये लायसेन्स प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होकर या विभागीय नियमों के चलते काटे गये लायसेन्स को भी नीति में कुछ आसान शर्तो के साथ फिर से बहाल करने का निर्णय लिया गया है वृद्धजन दिवस अंतराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर कल प्रदेश भर में कई कार्यकम आयोजित किये जाएंगे शिवपूरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि मंगलम वृद्वाश्रम में कल वृद्वजनों का सम्मान किया जाएगा इस दौरान आश्रम में रहने वाले वृद्वजनों को शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया जाएगा इसके अलावा वुद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा देवास जिले में भी वृद्धजनों के सम्मान के लिये कल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इस मौके पर सौ वर्ष से अधिक आयु के वृद्वजनों को शतायु सम्मान से सम्मानित किया जाएगा

आज केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती केन्द्रीय महिला बालविकास राज्य मंत्री वीरेन्द्र कुमार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर निवाड़ी और ओरछा तहसीलों को शामिल किया गया है ये प्रदेश का बावनवां जिला होगा

वन्य प्राणी सप्ताह प्रदेश में कल से वन्य प्राणी सप्ताह शुरू हो रहा है वन मंत्री डॉ गौरीशंकर शेजवार भोपाल स्थित वन विहार में वन्य प्राणी सप्ताह का उद्घाटन करेंगे सप्ताह के दौरान प्रदेश में विद्यार्थियों के लिये वन्य प्राणी आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की जायेंगी

इस दौरान चित्रकला प्रतियोगिता और प्रदर्शनी होगी साथ ही पक्षी अवलोकन और जैव विविधता शिविर रंगोली प्रतियोगिता और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों और नागरिकों के लिये फोटोग्राफी कार्यशाला और प्रतियोगिता होगी इसके अलावा शिक्षक कार्यशाला स्कूली बच्चों के लिये जागरूकता एवं सुजनात्मकता कार्यशाला खुला वर्ग के लिये पाम पेंटिंग और मेंहदी प्रतियोगिता के साथ विद्यार्थियों के लिये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को सेमी फाइनल और फाइनल होगा